इस बीच सरकार ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में नवजात बच्चों की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा समुचित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक उच्चस्तरीय बैठक में बच्चों की मौत के प्रकरण की समीक्षा की बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को और कम करने के लिए संकल्पित है प्रदेश के सरहदी और पश्चिमी इलाकों में टिड्डियों का खतरा बना हुआ है सरकार ने प्रभावित इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे है और केन्द्र से सहायता के लिए पत्र लिखा गया है

यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा

सिरोही जिले के आब्रोड में बीती रात एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई यह हादसा ट्रक के अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर जाने से हुआ घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई समूचा प्रदेश इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में है शेखावाटी के कई इलाकों में शीतलहर की वजह से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि फतेहपुर में पारा आज भी जमाव बिन्दु पर ही रहा